इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परिसर का निर्माण कार्य दो वर्ष में पूरा किया जाएगा और विद्यार्थियों को विश्व स्तर की आध्रनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छः सरकारी मैडिकल कॉलेजों के अलावा एक निजी मैडिकल कॉलेज कार्यशील है जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश का संतुलित विकास करना है और विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे

इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में एक सौ करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है

राजीव सैजल सोलन जिला शिकायत निवारण समिति की पहली बैठक सोलन में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में हुई इस दौरान स्वास्थ्य बिजली पानी और सड़कों सहित क्षेत्र के अन्य मुददों पर चर्चा की गई राजीव सैजल ने कहा कि लोगों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम सफल साबित हो रहा है

उन्होंने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और संबंधित अधिकारियों से जनहित में क्षेत्रीय कंटेंट की उपलब्धता को बढ़ावा देने की बात कही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार क्षेत्रीय चैनलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है

बैंक के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कुल्लू में आज कुल्लू व बंजार अंचलों के बैंकों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की मेहनत से ही बैंक आगे बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि बैंक अगले वर्ष एक सौ साल पूरे कर रहा है और इस उपलक्ष्य में बैंक ने ग्राहकों को वाहनों और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है राजीव भारद्वाज ने बैंक अधिकारियों को अटल पैंशन योजना मुद्रा ऋण और जनधन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए